प्रदेश के पांच लोकसभा क्षेत्रों पूर्णिया भागलपुर बांका किशनगंज और कटिहार में कल होने वाले मतदान के लिये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिये सैंतीस हजार कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है मतदान कर्मियों को आज शाम तक अपने अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है वहीं जिला पुलिस होमगार्ड सैप और बीएमपी के जवानों को भी तैनात किया गया है मतदान सुबह सात बजे से लेकर शाम छह बजे तक होगा सिर्फ बांका जिले के नक्सल प्रभावित कटोरिया और बेलहर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया शाम चार बजे समाप्त हो जायेगी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिये पूर्णिया में हेलीकाप्टर तैनात रहेगा और पटना में एक एयर एम्बुलेंस को भी अलर्ट पर रखा गया है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एक सौ साठ मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का प्रसारण किया जायेगा श्री सिंह ने बताया कि बांका में एक सौ सत्तर और भागलपुर में सोलह मतदान केन्द्र नक्सल प्रभावित इलाके में हैं जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं वहीं तीन हजार दो सौ पच्चीस मतदान केन्द्र अति संवेदनशील हैं जहां माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गयी है इधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल की सीमा को सील कर चौकसी बढ़ा दी गयी है एसएसबी के बिहार सेक्टर के महानिरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि आज और कल आवाजाही पर प्ररी तरह से प्रतिबंध रहेगा श्री कुमार ने कहा कि इस अवधि में सिर्फ आपातकालीन सेवाए दोनों ओर से चालू रखी जाएंगी कल जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उनके अधिकांश इलाके नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं कटिहार किशनगंज पूर्णिया भागलपुर और बांका संसदीय क्षेत्रों में कल होने वाले मतदान में पचासी लाख बावन हजार दो सौ चौहत्तर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे इसके लिये आठ हजार छह सौ चौवालीस मतदान केन्द्र बनाये गये हैं इन लोकसभा क्षेत्रों में तीन महिला प्रत्याशियों समेत अड़सठ उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं दूसर चरण के चुनाव में जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर राजद के जयप्रकाश नारायण यादव और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी प्रमुख हैं इन दिग्गजों के अलावा राज्य के पूर्व मंत्री दुलालचंद गोस्वामी पूर्णिया के मौजूदा जदयू सांसद संताष कुशवाहा कांग्रेस के उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह और किशनगंज से कांग्रेस के मौजूदा सांसद मोहम्मद जावेद भी किस्मत आजमा रहे हैं इन पांचों संसदीय सीट से वर्ष दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव में भागलपुर और बांका सीट पर राजद को जीत मिलो थी जबकि कांग्रेस को किशनगंज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कटिहार और जदयू को पूर्णिया सीट पर जीत मिली थी इस बार इन संसदीय क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में सीटों के तालमेल के तहत दूसरे चरण के चुनाव वाली सभी सीटें जनता दल यूनाइटेड के खाते में गयी है निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कल संबंधित संसदीय क्षेत्रों में सभी सरकारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर समुदाय विशेष से वोट की अपील करने के मामले में कटिहार जिले के बारसोई थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि उड़नदस्ता टीम ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में श्री सिद्धू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है वहीं राज्य निर्वाचन कार्यालय ने इस मामले में श्री सिद्धू के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज दी है पटना हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव में विश्वविद्यालय शिक्षकों के ड्यूटी लगाने को सही ठहराते हुए इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल पूर्व विधायक जगत नारायण सिंह पूर्व विधान पार्षद रामबदन राय समेत राजद के कई वरिष्ठ नेता जदयू में शामिल हो गये हैं पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सबों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलायी राजद के पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान और उनके संबंधियों के पास से आयकर विभाग को दस करोड़ रूपये से अधिक के लेन देन के प्रमाण मिले हैं मुजफ्फरपुर में आयकर विभाग की अड़तालीस घंटे से अधिक चली छापेमारी के दौरान डेढ़ करोड़ रूपये से अधिक की नकदी एक करोड़ बीस लाख रूपये का फिक्सड डिपोजिट तीन करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के जमीन के कागजात और भारी मात्रा में जेवरात मिल हैं विभागीय सूत्रों ने बताया कि इस बात की जांच चल रही है कि इस लेन देन में किन किन लोगों की संलिप्तता रही है मौसम विभाग ने प्रदेश के अठारह जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है विभाग ने कहा है कि पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण गोपालगंज सीवान सारण सीतामढ़ी मधुबनी मुजफ्फरपुर दरभंगा वैशाली शिवहर समस्तीपुर सुपौल अररिया किशनगंज पूर्णिया सहरसा और मधेपुरा में सत्तर से अस्सी किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है इन जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है विभाग ने कहा है कि काल वैशाखी के प्रभाव से प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में एक मजबूत सिस्टम बना है जिसके प्रभाव से मौसम के रूख में परिवर्तन देखा जा रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है ओलावृष्टि के कारण गेहूं मक्के और सरसों की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है आम और लीची की फसल की भी बड़े पैमाने पर क्षति हुई है प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में अब सुबह साढ़े छह बजे से साढ ग्यारह बजे तक कक्षाओं का संचालन होगा प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है प्रदेश के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिये आज से काउंसलिंग शुरू होगी नालंदा खुला विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर एसपी सिन्हा ने बताया कि तीन सौ उनतीस कॉलेजों की पैंतीस हजार आठ सौ सीटों के लिये केन्द्रीयकृत काउंसलिंग की व्यवस्था की गयी है जैन धर्म के चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज श्रद्धा और आस्था से मनाई जा रही है इस अवसर पर प्रार्थना और शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं राष्टपति रामनाथ कोविन्द उपराष्टपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महावीर जयंती की बधाई दी है रख रखाव कार्यों के कारण पूर्व मध्य रेल से गुजरने वाली छह जोड़ी ट्रेनों का परिचालन इस माह के अंत तक अलग अलग तिथियों को बंद रहेगा जिन ट्रेनों का परिचालन बंद रखने का निर्णय लिया गया है उसमें हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस फरक्का एक्सप्रेस हमसफर एक्सप्रेस हरिहर नाथ एक्सप्रेस और शहीद एक्सप्रेस ट्रेनें प्रमुख हैं दरभंगा जिले के बहादुर थाना क्षेत्र के तारालाही में अपराधियों ने दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी जबकि एक अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया वहीं पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चर्च रोड में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी मृतक जैकी राज चंद्रवंशी रग्बी का राष्ट्रीय खिलाड़ी था अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को प्रकाशित करते हुए लिखा बड़बोले नेताओं पर कार्रवाई सही दैनिक जागरण की सुखी है मुस्लिम औरतों के मस्जिद में प्रवेश पर विचार करेगा कोर्ट दैनिक भास्कर लिखता है मधुबनी में महागठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ उतरे कांग्रेस के शकील और राजद के फातमी प्रभात खबर की सूर्खी है साम्प्रदायिक टिप्पणी पर सिद्धू के खिलाफ प्राथमिकी राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है किशनगंज कटिहार पूर्णिया भागलपुर और बांका में कल वोटिंग आज की सुर्खी है पांचवे और छठे चरण के लिये बयालीस उम्मीदवारों ने भरे पर्चे